लोकसभा चुनाव के लिए गठित चुनाव समितियों में भाजपा ने राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को शामिल किया प्रदेश में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से किसानों को राहत फसलों के लिए फायदेमंद

पौड़ी जिले में आज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर परिवार को पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी पौड़ी जिले में साढ़े पांच लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा जबकि जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या करीब पैंतीस हजार है

स्लग लोक सभा चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से गठित चुनाव समितियों में उत्तराखंड को भी तरजीह दी गई है उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को अलग अलग समितियों में शामिल किया गया है अनिल बलूनी को मीडिया समिति और साहित्य निर्माण समिति में शामिल किया गया है वहीं मदन कौशिक को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाली सामाजिक स्वयंसेवी संगठन संपर्क समिति में शामिल किया गया है साहित्य वितरण में उत्तराखंड के नेता विरेन्द्र जुयाल भी उनके साथ रहेंगे राज्य में लोकसभा की पांच सीटे हैं सभी सीटों पर पिछली बार भाजपा ने परचम लहराया था इस बार भी इन सीटों पर अपना वर्चस्व बरकरार रखने की पार्टी कोशिश कर रही है चुनावी रणनीति के तहत आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत अन्य राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यववर्धन सिंह राठौड़ ने एक समारोह में कहा कि खबरों के प्रस्तुतिकरण में मीडिया हाउस को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि फेक न्यूज से देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर बुरा असर पड़ता है श्री राठौड़ ने युवाओं से रोजमर्रा की मुसीबतों से निपटने के लिए सोशल मीडिया मंच से अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया साथ ही उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खतरे से निपटने का आग्रह भी किया उन्होंने फेक न्यूज सुनने या देखने पर फौरन सोशल मीडिया पर आकर उनका खंडन करने और उसे पूरी तरह से खत्मा करने की अपील की

लोग स्वच्छता का महत्व समझ रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम और सफाई अभियान भी चला रहे हैं स्वच्छता के इस मिशन में हरिद्वार में स्पर्श गंगा अभियान की टीम गंगा घाटों की सफाई कर रही है लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने के लिए स्पर्श गंगा की टीम स्थानीय लोगों और व्यापारियों को कूड़ेदान भी वितरित कर रही है स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका आरूषि पोखरियाल ने बताया कि स्पर्श गंगा की टीम गंगा की सफाई के लिए निरंतर कार्य कर रही है

अधिकांश क्षेत्रों में आसमान साफ रहने से धूप खिली रही वहीं कल रात कई जिलों में बारिश और बर्फबारी हुई चमोली में बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब औली रुद्रनाथरूपकुंड सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ अल्मोड़ा के धौलछीना के ऊंचाई वाले क्षेत्र विमल कोट में कल रात मौसम की पहली बर्फबारी हुई

जिले के भैंसिया छाना की बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने से लोगों को काफी परेशानी हुई बागेश्वर जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ है बदियाकोट किलपारा झूनी खलझूनी खाती मिकिला खलपट्टा उंगिया धूर आदि इलाको में रात में बर्फबारी हुई जिले के बास्ती धरमघर सनगाड़ और कमेड़ी देवी क्षेत्र में भी हल्की बर्फबारी की सूचना है वहीं निचले इलाकों में हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा हालांकि किसान बेहद खुश हैं बारिश को फसलों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है बारिश और बर्फबारी से गेहूं के साथ ही दलहनी और तिलहनी फसलों को भी लाभ होगा मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर आज रात तक रहेगा उत्तरकाशी चमोली जिले और कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है वहीं कुमाऊं के निचले इलाकों में कुछ जगह ओलावृष्टि की भी संभावना है स्लग सीएम निर्देश प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने जिलाधिकारियों से शहरी क्षेत्रों में चौराहों सार्वजनिक स्थलों रेलवे स्टेशन बस स्टेशन आदि पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है साथ ही आश्रय गृहों में बेसहारा लोगों के ठहरने और वहां पर पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये

आठ दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के लिए नुमाइश मैदान और सरयू बगड़ सजने लगा है व्यापारियों के लिए अस्थायी द्वाने बनाने का काम भी शुरू हो गया है उत्तरायणी मेले में सांस्कृ तिक कार्यक्रमों झांकियों के साथ ही खेलकृद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा इस दौरान विभिन्न स्टॉलों के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी

उत्तरायणी मेले के दौरान स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जाएगा इस बार मेले में पालिका के सौ पर्यावरण मित्र स्वच्छता के लिए तैनात रहेंगे जो लोगों को गंदगी फैलाने से रोकेंगे मेले में अस्थाई बायोमेट्रिक टॉयलेट भी लगाए जा रहे हैं वहीं मेले से पहले नगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया मेले को लेकर पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है पुलिस और एलआईयू विभाग द्वारा बाहरी क्षेत्रों से आ रहे व्यापारियों का सत्यापन किया जा रहा है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने धार्मिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरायणी मेले की गरिमा को देखते हुए इसे ए श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया है

श्री प्रसाद ने बताया कि भीम ऐप वित्तीय लेन देन का अनूठा माध्यम है जो लोगों में बहत लोकप्रिय है केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाईसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाएगी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल दुर्घटना करने वाला दोषी डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाकर दंड से बच जाता है आधार से जुड़ जाने पर कोई भी व्याक्ति अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को बदल नहीं पाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस कदम से उत्तराखंड के आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को लाभ होगा साथ ही राज्य के युवाओं को सरकारी सेवा में जाने के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे